लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में सोमवार को चौथे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब शेष तीन चरणों के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है सातवें और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच का आखिरी दिन था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश के बहराइच और बाराबंकी जिलों में रैलियों को संबोधित किया इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने मध्य प्रदेश में दो रैलियों को संबोधित किया साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद भी किया धौरहरा में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगें मतगणना प्रशिक्षण पौड़ी लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए आज पौड़ी में मास्टर ट्रेनरों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम पीबी मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया

इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने कर्मचारियों को मतगणना के कार्य को पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए प्रशिक्षण में बताया गया कि मतगणना टेबल में तैनात माइक्रो आब्जर्वर और टेबल सुपरवाइजर हर राउंड की मतगणना का विवरण निर्धारित प्रारूप में एआरओ को देंगे हर चक्र की गणना की सूचना अल्मोड़ा आरओ को भेजी जाएगी मतगणना कक्ष में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे बागेश्वर के राजकीय महाविद्यालय में मतगणना की जाएगी

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतगणना पर्यवेक्षकों मतगणना सहायकों और माइक्रो ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग दी गयी उन्हें वीवीपैट पर्चियों की गणना के बारे में विस्तार से बताया गया

हालांकि पिथौरागढ़ जिला प्रशासन यात्रा के रूट को लेकर असमंजस में है

एक व्यास घाटी से और दूसरा दारमा घाटी से पिछले साल तक व्यास घाटी से ही यात्रा होती थी इस क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन सीमा तक मोटरमार्ग का निमाण कार्य होने से रास्ता जगह जगह बंद है लिहाजा जिला पशासन और आई टी बी पी ने विदेश मंत्रालय को दारमा घाटी से यात्रा करवाने का सुझाव दिया है

फिलहाल विदेश मंत्रालय की सहमति मिलना बाकी है राज्यपाल दीक्षांत समारोह राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि प्रदेश में कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए वॉटरशेड विकास और वर्षा जल संचयन के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के भारतीय वन सेवा अधिकारियों और भूटान के प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में लोगों की आजीविका में वनों का विशेष महत्व है उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वनों से प्राप्त होने वाले लाभ को मुख्यधारा में लाने की काफी संभावनाएं हैं उन्होंने स्थानीय लोगों को ईको टूरिज्म के माध्यम से आजीविका अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित किये जाने पर जोर दिया राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों प्राकृतिक वातावरण और पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण का महत्वूपर्ण दायित्व वन सेवा के अधिकारियों पर भी है उन्होंने जंगलों में लापरवाही से लगने वाली आग पर कांबू पाने के लिए एक मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाने और उसे निष्ठापूर्वक लागू करने पर जोर दिया

ऐसे में संभावित आपदा जैसी घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है इसी कड़ी में देहरादून में एसडीआरएफ ने आपदा जागरूकता मेले का आयोजन किया मेले में आपदा के समय एसडीआरएफ की टीम द्वारा प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों का प्रदर्शन किया गया

कार्यक्रम में डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि आपदा जैसी घटनाओं से बचने के लिए लोगों का भी जागरूक होना जरूरी है उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ को अब और हाईटेक कर दिया गया है ताकि हर चुनौतियों से निपटा जा सके

यात्रा शुरू होने से पहले तीन मई को यमुनोत्री गंगोत्री धाम रूटों पर सफाई अभियान चलाया जायेगा जिलाधिकारी आशीष चौहान ने यात्रा रूटों में सफाई के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि नगरपालिका नगर पंचायतें अपने अपने क्षेत्रों में सफाई अभियान चलायेंगे